प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां हुई तेज बड़े नेताओं की जनसभाओं का दौर शुरू

उच्चतम न्यायालय ने निर्वाचन आयोग से लोकसभा चुनाव के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक की बजाय पांच मतदान केन्द्रों पर ईवीएम का मिलान मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट से कराने का निर्देश दिया है

याचिकाकर्ताओं ने निवार्चन क्षेत्र के किसी भी एक बुथ पर वीवीपैट के मिलान के निर्वाचन आयोग के फैसले को भी चुनौती दी है इससे पहले निर्वाचन आयोग ने इस मांग को अव्यावहारिक बताते हुए कहा था कि यदि ऐसा किया गया तो चुनाव परिणाम में कम से कम छह दिन की देरी हो सकती है वहीं प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में पीठ ने आयोग से कहा था कि क्या हर विधानसभा क्षेत्र में सैम्पल सर्वेक्षण को बढ़ाया जाना संभव है लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिये प्रचार आज शाम समाप्त हो जायेगा आज प्रमुख राजनैतिक दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सहित अन्य दलों के प्रत्याशी पहले चरण के क्षेत्रों में धुआंधार प्रचार करेंगे

भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पार्टी का बहुआयामी घोषणापत्र समाज के सभी वर्गो की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला है

कांग्रेस ने कहा है कि भाजपा का घोषणापत्र केवल एक व्यक्ति पर केन्द्रित है जबकि कांग्रेस का घोषणापत्र आम जनता को बढावा देने के लिए है नई दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल ने कहा कि भाजपा को घोषणापत्र के स्थान पर माफीनामा जारी करना चाहिए और पिछले पांच वर्ष में अपने द्वारा किए गए कार्यों का लेखाजोखा देना चाहिए गौरतलब है कि कल भाजपा ने नई दिल्ली में अपना घोषणा पत्र संकल्प पत्र जारी किया था इधर प्रदेश में पहले चरण के लोकसभा चुनाव के लिये नामांकन दाखिल करने की आज अंतिम तारीख है

प्रत्याशियों द्वारा नामांकन भरने के साथ साथ प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं भाजपा और कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों का प्रचार अभियान अब गति पकड़ने लगा है दोनों पार्टियों के बड़े नेताओं की ओर से राज्यभर में जनसभाएं करने का दौर शुरू हो गया है बाड़मेर में कल भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में एक चुनावी सभा आयोजित हुई जिसे भाजपा के प्रदेश चुनाव प्रभारी प्रकाश जावडेकर सहित वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित किया

उधर टोंक में भाजपा प्रत्याशी सुखबीर सिंह जौनापुरिया के पक्ष में एक चुनावी सभा को सम्बोधित करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में एक बार फिर गरीबी हटाने का नारा दिया है

इसके पर्क्के सबूत होने का दावा करते हुए वायुसेना ने रडार इमेज भी जारी की

वायुसेना उप प्रमुख आर जी के कपूर ने कहा कि पाकिस्तानी विमान की पहचान उसके इलेक्ट्रोनिक सिंग्नेचर और रेडियो ट्रांसक्रिप्टस से की जा चुकी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश में ऐसी उच्च शिक्षा प्रणाली सुनिश्चित करने को कहा जो न केवल व्यक्तिगत आकांक्षाओं को पूरा करे बल्कि लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को भी हासिल करने में मदद करे वे कल नई दिल्ली में मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार उच्चशिक्षा संस्थानों की राष्ट्रीय रैंकिंग जारी कर रहे थे राष्ट्रपति ने कहा कि रैंकिंग प्रणाली संस्थानों के बीच स्वस्थ प्रतियोगिता की भावना विकसित करती है

एमआई रोड स्थित आकाशवाणी परिसर में होने वाले इस रंगारंग कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आकाशवाणी के महानिदेशक एफ शहरयार होंगे